स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

राज्यपाल ने कॉलेज के प्रिंसिपल्स छात्रो और एन एस एस के वॉलंटियर्स से कोविड वैक्सीनेशन के लिए ब्ज़र्ग और कम पढ़े लिखे लोगो को अस्पतालों तक पहचाने में सहायता करने का आहवान किया उन्होंने सही तरीके से मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन के बारें में राज्य के प्रत्येक नागरिक को जागरुक बनाने को कहा राज्यपाल ने एन एस एस वॉलंटियर्स से कोरोना की पहली लहर की तरह इस बार भी कोविड जांच इलाज टीकाकरण कोविड उचित व्यवहार और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने को कहा

उनके साथ विधायक सेरिंग तासी ने भी कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पात्र व्यक्तियो से जल्द कोविड का टीका लगवाने की अपील की उन्होंने कहा कि इससे कोरोना की द्रसरी लहर से काफी हद तक स्रक्षा मिलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हई बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया पहले चरण में टीकाकरण सरकार दवारा किये गए जारी आदेश के अनुसार किया जायेगा जिसमें स्वास्थ्य कर्मी फ्रंट लाइन वर्कर और पैंतालीस वर्ष से अधिक आय् के लोगो को टीका लगाया जायेगा

इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के पैंसठ नए मामले सामने आए और ग्यारह रोगी स्वस्थ हए राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बड़कर एक सौ छिहत्तर हो गई है और रिकवरी दर घटकर अहानबे दशमलव छह चार प्रतिशत रह गई है राज्य में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से इक्कतीस वेस्ट कामेंग जिले से सात लोअर दिबांग वैली और पाप्म पारे जिले से पाच पाच लेपाराडा ईस्ट सियांग और लवर स्बनसिरी जिले से चार चार दो तवांग से और नामसाई लोहित और चांगलांग से एक एक मामले शामिल है कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने आगामी एक मई से इकतीस मई तक सभी स्कूलो में समर वेकेसन घोषित किया है शिक्षा सचिव निहारिका राय द्वारा जारी सर्क्लर के अन्सार स्कूलो को कक्षा दस और बारह के अलावा सभी कक्षाओ के इंटर्नल एक्जामिनेशन तीस अप्रैल तक पुरा करने के निर्देश दिए गए है

श्री मोदी ने डॉक्टरों से इन शहरों में काम करने वाले अपने सहयोगियो के साथ ज्ड़ने और ऑनलाइन परामर्श देने का आग्रह किया है ताकी सभी सरकार दवारा दीये गये दिशानिर्देशो का सही तरीके से पालन कर सके